अब समाचार विस्तार से अध्यापक आदेश प्रदेश में लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता की वजह से स्कूल शिक्षा विभाग ने अध्यापक संवर्ग के शिक्षकों की नवीन शैक्षणिक संवर्ग में नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी आदेश में कहा गया है कि नवीन संवर्ग में कोई भी नियुक्ति आदेश जारी न किया जाये

सत्यापन स्थगित व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय में रिक्त पदों के लिये आयोजित संयुक्त परीक्षा की प्रावीण्य सूची के उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन कार्यक्रम स्थगित कर दिया है अभ्यार्थियों को आगामी तिथि के बारे में अलग से सूचित किया जायेगा प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते आदर्श आचरण संहिता लागू हो जाने के कारण यह कार्यक्रम स्थगित किया गया है

निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्हीएल कान्ता राव ने बताया है कि युवा मतदाताओं के लिये चुनाव आयोग सोशल मीडिया पर भी निर्वाचन संबंधी गतिविधियों को प्रचारित कर रहा है

युवा सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर क्रियाशील रहते हैं श्री राव ने बताया कि युवाओं की सोशल मीडिया पर क्रियाशीलता का उपयोग करने के लिये फेसबुक व्हाट्सअप ट्वीटर यू ट्यूब अकाउंट बनाये गये हैं

युवा मतदाताओं को मतदान के लिये प्रेरित करने हेत् फेसब्क पर लाइव प्रसारण भी किया जायेगा विशेषकर नये मतदाताओं को मतदान के लिये जागरूक करने के लिये वीडियो जिंग्लस भी प्रसारित किये जायेंगे जिला स्तर पर मतदान बढ़ाने के लिये कॉलेजों मॉल और अन्य सार्वजनिक स्थानों से युवाओं को मतदाता जागरूकता वीडियो संदेश जारी किये जायेंगे महिलाओं का मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिये घरेलू एवं कामकाजी महिलाओं के वीडियो संदेश जारी किये जा रहे हैं

स्क्रीनिंग कमेटी केन्द्रीय निर्वाचन आयोग को भेजे जाने वाले शासकीय प्रस्तावों के परीक्षण के लिए राज्य शासन ने स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी शासकीय विभागों को निर्देश जारी किये हैं कि अब कोई भी विभाग अपना प्रस्ताव स्क्रीनिंग कमेटी के परीक्षण और अनुशंसा के बिना सीधे केन्द्रीय निर्वाचन आयोग को नही भेजेगा स्क्रीनिंग कमेटी में सदस्य के रूप में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग और प्रस्ताव प्रेषित करने वाले विभाग के विभागाध्यक्ष को शामिल किया गया है

नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के पोषण माह पुरस्कार समारोह में डॉ राजीव कुमार ने कहा कि सभी के मिले जुले प्रयासों से ही पोषण अभियान का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है निर्वाचन तैयारी बैठक आगरमालवा में कल संभागायुक्त एमबीओझा और पुलिस महानिरीक्षक राकेष गुप्ता ने निर्वाचन कार्यो की समीक्षा करते हुए कहा कि शासकीय सेवक अपने निर्वाचन कर्तव्यों का पालन निष्ठा से करें उन्होंने अधिकारी कर्मचारियों की उनके मुख्यालय पर ही निर्वाचन संबंधी डयूटी लगाने के लिये निर्देषित किया इस मौके पर कलेक्टर अजय गुप्ता ने पावर प्वाईट प्रजेंटेषन के माध्यम से जिले में चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों की जानकारी दी

जिन पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की जायेगी उधर खण्डवा में भी आगामी विधानसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए पड़ोसी जिलों बैतूल और हरदा के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई इसमें तीन जिलों के कलेक्टर पुलिस अधीक्षक जिला आबकारी अधिकारी जिला परिवहन अधिकारी सीमावर्ती क्षेत्र के एसडीएम और एसडीओपी भी शामिल हुए बैठक में कहा गया कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अवैध शराब अवैध वाहन अवैध रूप से नगदी लाये जाने पर प्रभावी रोक लगाने के लिए जरूरी है कि तीनों जिलों के अधिकारी जानकारी का आदान प्रदान करते रहें पैरा एशियाई खेल इण्डोनेशिया में चल रहे एशियाई पैरा खेलों में कल तीरंदाज हरविंदर सिंह ने पुरूषों की व्यक्तिगत रिकर्व प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता ट्रैक और फील्ड मुकाबलों में भारतीय एथलीटों ने एक रजत और एक कांस्य पदक हासिल किया

मौसम प्रदेश में दिन में पड़ रही तेज धूप की वजह से दिन और रात के तापमान में काफी अंतर महसूस किया जा रहा है मौसम विभाग के अनुसार अगले महीने तक दिन का तापमान सामान्य से ज्यादा बना रहेगा अलनीनो की वजह से प्रदेश में इस बार दिसंबर तक हल्की सर्दी जबकि जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ेगी मौसम विभाग ने आज अनूपपुर शहडोल डिण्डौरी सिवनी बालाघाट एवं मण्डला जिलों में वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है पिछले चौबीस घण्टों में उज्जैन सागर संभाग के जिलों में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया वहीं जबलपुर और चंबल संभागों को छोड़कर शेष संभागों में तापमान सामान्य से अधिक रहा सर्वाधिक अधिकतम तापमान अड़तीस डिग्री सेल्सियस खजुराहो खरगौन और दमोह में दर्ज किया गया वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान तेरह डिग्री सेल्सियस मण्डला में रिकार्ड किया गया